अब तक तीन हजार दो सौ पन्द्रह लोगों को कोरोना के कारण जान गंवानी पड़ी और केन्द्र सरकार ने अस्पताल में दाखिले से संबंधित नीति में किया बदलाव

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में आज से अठारह वर्ष से ऊपर के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरु होगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि केन्द्र से साढ़े तीन लाख टीके की डोज प्राप्त हो गयी है उन्होंने कहा कि ये टीके अठारह से चौवालीस वर्ष आय वर्ग के उन लोगों को दिये जायेंगे जो पहले से टीके के लिए पंजीकरण करा चुके हैं

मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने स्कूल और कॉलेज परिसरों में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण कैम्प लगाने के निर्देश दिये हैं यह निर्देश अस्पतालों में जांच के लिए लोगों की बढ़ती भीड़ के मददेनजर दिया गया है पटना में टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में टीका लेने के लिए लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका भी प्रशासन पूरा ख्याल रखे श्री कुमार ने कहा कि टीका स्थलों पर नागरिक सुविधाओं का भी इंतजाम किया जाये साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाये प्रदेश में अब तक उनासी लाख सत्ताईस हजार दो सौ छिहत्तर लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल छियासठ हजार छह सौ छियासी लोगों का टीकाकरण किया गया इनमें से सत्ताईस हजार पांच सौ सैंतालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि उनतालीस हजार एक सौ उनतालीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी इधर देश भर में अब तक सोलह करोड़ बानवे लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा है कि कोविड होने के बावजूद लोगों को बचाव के लिए टीका लेना चाहिए

पिछले चौबीस घंटों में बारह हजार नौ सौ अड़तालीस नये मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक लाख आठ हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गयी सबसे अधिक दो हजार चार सौ अंठानवे नये मामले पटना जिले में दर्ज किये गये वहीं नालंदा में सात सौ चालीस बेगूसराय में पांच सौ छियासी पश्चिमी चम्पारण में पांच सौ अठहत्तर समस्तीपुर में पांच सौ साठ मुजफ्फरपूर में चार सौ अस्सी और कटिहार में चार सौ अंठावन नये मामलों की प्रष्टि हुई है इधर एक दिन में चौदह हजार नौ सौ बासठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और अब यह उनासी दशमलव नौ सात प्रतिशत हो गयी है वहीं इसी अवधि में कोविड से छिहत्तर लोगों की मौत के साथ ही अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हजार दो सौ पन्द्रह हो गयी है राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या एक लाख बारह हजार नौ सौ छिहत्तर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमित लोगों के लिए दवाई बनाई है भारतीय औषध महानियंत्रक ने मध्यम से गंभीर कोविड रोगियों के उपचार के लिए इस टू डीऑक्सी डी ग्लुकोज दवाई के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है यह दवाई पाउडर के रूप में उपलब्ध है जिसे पानी में घोलकर लेना होगा पेट में जाकर यह दवाई संक्रमित कोशिकाओं के साथ मिल जाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है तथा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती है इस संबंध में आकाशवाणी से बातचीत में डीआरडीओ में जीवन विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा है कि टू डिओक्सी डी ग्लूकोज दवाई का इस्तेमाल करने के बाद कोविड मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता घटी है और अस्पताल में रहने की अवधि कम हुई है

तो ये दू डी जी उस कोशिका में जो की वायरस से ग्रस्त है उसमें एक तो ये ज्यादा मात्रा में उसके अंदर चलाजाता है और दूसरा जब ये ज्यादा अंदर चला जाता है मगर ये ग्लूकोज कावेरिऐंट है ये चला तो जाता है पर ये एनर्जी नहीं दे पाता तो जब ये एनर्जी नहीं दे पातातो वो सेल जो है एक तरह से एनर्जी के लिए भूखा हो जाता है उसको एनर्जी की जरूरत होतीहै पर टू डी जी उसमें तो एनर्जी नहीं दे पाता तो डबल मार होती है कि उसने ज्यादा भी ले लिया सेल ने और यो उसमें एनर्जी नहीं दे पा रहा तो उससे क्या होता है कि जो वायरस है वो उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाता जब वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता तो अल्टीमेटलीजो वायरल लोड है वो बॉडी में कम हो जाता है और एक तरह से ये उस वायरस को मारने मेंया उसकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में कारगर साबितहोता है पटना के बिहटा रिथत ईएसआईसी अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए एक सौ बेड वाला अस्पताल काम करने लगा है राज्य सरकार के समन्वय अधिकारी कुमार रवि ने बताया कि अलगे तीन से चार दिनों में आईसीयू भी शुरू हो जायेगा उन्होंने बताया कि सेना के पचासी डॉक्टरों की एक और टीम पटना पहुंच गयी है इस अस्पताल में अभी पचास मरीज भर्ती हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में रोगियों को भर्ती करने के लिए राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया है इसका उद्देश्य कोविड उन्नीस से प्रभावित मरीजों को तुरंत प्रभावी और समग्र इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है सभी राज्यों को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि कोविड अस्पाताल में भर्ती के लिए रोगी की कोविड उन्नीस जांच पॉजिटिव होना अनिवार्य नहीं है किसी भी रोगी का इलाज करने से इंकार नहीं किया जाएगा इसमें दवाई ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक इलाज भी शामिल हैं दिशा निर्देश को अनुसार किसी भी रोगी को वैध पहचान पत्र के अभाव में भर्ती करने से इंकार नहीं किया जाएगा और ना ही इस आधार पर मना किया जाएगा कि वह अन्य शहर का निवासी है अस्पताल में भर्ती पूरी तरह से आवश्यकता पर आधारित होगी उच्चतम न्यायालय ने देशभर में चिकित्सा ऑक्सीजन के वैज्ञानिक तर्कसंगत और समान वितरण तथा उपलब्धता के आकलन के लिए बारह सदस्यों के एक कार्यबल का गठन किया यह कार्यबल कोविड उन्नीस के इलाज में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय भी बताएगा न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यबल गठित करने से कोरोना महामारी के संबंध में जन स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक और विशेष जानकारी उपलब्ध होगी यह कार्यबल राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति करने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक फार्मुला भी तैयार करेगा इस कार्यबल में देशभर के प्रमुख विशेषज्ञों को सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले सभी टैंकरों और कन्टेनरों का आवागमन टोल फ्री कर दिया गया है कोविड महामारी को देखते हुए पूरे देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है अगले दो महीने या अगले आदेश तक ऑक्सीजन ले जा रहे कंटेनरों को एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में रखा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने कहा है कि फास्टैग लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा का समय लगभग शून्य हो गया है इसके अलावा ऑक्सीजन के वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी प्राधिकरण ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं केंद्र सरकार कोविड उन्नीस महामारी से निपटने में ड्रोन के इस्तेमाल को सशर्त छूट देरही है इसके जरिये वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने वैक्सीन की आपूर्ति के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दी है मंत्रालय ने कहा है कि इसका प्रायोगिक परीक्षण इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा राज्य सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से मिलने वाली राशि को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है सरकार के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इस मद की राशि की निकासी संबंधित नियमों को शिथिल कर दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना और विकास विभाग इस मद की राशि को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा करेगी इस राशि का इस्तेमाल राज्य के किसी भी हिस्सें में कोरोना की रोकथाम के लिए किया जा सकेगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मई महीने में होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया है विश्वविद्यालय को भेजे निर्देश में यूजीसी ने कहा है कि परीक्षाओं का संचालन कोरोना की स्थिति में सुधार के बाद ही किया जायेगा पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गांव में नाली गली पेयजल और क्आं उड़ाही की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है उन्होंने मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने को कहा है किशनगंज जिले के अर्रवाड़ी पुलिस आउट पोस्ट क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से एक लाख सत्तर हजार रूपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव जारी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बिहार के ऊपर से होकर गुजर रहा है जिसके चलते मौसम तेजी से बदलने की सम्भावना है मौसम विभाग ने बारह मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है इस दौरान तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और मेघ गर्जन का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में अठारव वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरूआत को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाई है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है बिहार में अठारह पार के लोगों को टीका आज से दैनिक जागरण की सुर्खी है डॉक्टरों पारा मेडिकल स्टॉफ की कल से होगी नियुक्ति दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है एनटीपीसी बाढ़ में एक सौ पचास इंजीनियर तथा कर्मी पॉजिटिव अस्पताल फुल कैम्पस लॉक प्रभात खबर ने विशेषज्ञों की राय के हवाले से प्रकाशित खबर का शीर्षक लगाया है कोरोना से उभरे लोगों में जान जाने का खतरा कम दैनिक आज की सुर्खी है कोरोना पॉजिटिव रेल कर्मियों को तीस दिनों की विशेष छुट्टी राष्ट्रीय सहारा लिखता है ऑक्सीजन पर सुप्रीम टास्क फोर्स

अब तक तीन हजार दो सौ पन्द्रह लोगों को कोरोना के कारण जान गंवानी पड़ी और केन्द्र सरकार ने अस्पताल में दाखिले से संबंधित नीति में किया बदलाव